सघन पल्स पोलियो टीकाकरण अभियान शुरु एक करोड़ बच्चों को दवा पिलाने का लक्ष्य राज्य में शीतलहर का असर बढ़ा पाला पड़ने से फसलों को नुकसान की आशंका हमारी विशेष श्रृंखला अच्छी खबर में सुनिये सागर जिले में पुलिस द्वारा महिला सुरक्षा के लिये की गई अभिनव पहल पर खास रिपोर्ट परीक्षा चर्चा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में कल देशभर के विद्यार्थियों के साथ संवाद करेंगे इस दौरान श्री मोदी परीक्षा के तनाव को कम करने के तरीके भी बतायेंगे

बैतुल जिले के निहाल ठाक्र का चयन भी परीक्षा पे चर्चा के लिए हुआ है आकाशवाणी से बातचीत में निहाल ने इस कार्यक्रम में जाने की उत्सुकता जाहिर की

स्वास्थ्य विभाग ने इस तीन दिवसीय अभियान में एक करोड़ से अधिक बच्चों को पोलियारोधी खुराक देने का लक्ष्य रखा है भोपाल के जयप्रकाश अस्पताल में पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत पूर्व केन्द्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और सुरेश पचौरी ने बच्चों को पोलियोरोधी दवा पिलाकर की

इंदौर से हमारे संवाददाता ने बताया है कि यहां पांच लाख सैतीस हजार बच्चों को दवा पिलाई जायेगी जबलपुर में वित्त मंत्री तरुण भनोट ने बच्चे को पोलियो रोधीड़ॉप देकर अभियान की शुरुआत की बैतूल के मुलताई में लोक स्वास्थ्य एवं यांत्रिकी मंत्री सुखदेव पांसे ने पोलियो रोधी खुराक पिलाकर अभियान को शुरू किया

इसी तरह सागर मुरैना शिवपुरी बड़वानी दमोह दतिया श्योपुर छतरपुर बालाघाट रतलाम धार खरगौन अशोकनगर और मंडला सहित सभी जिलों में आज से पल्स पोलियो अभियान का आगाज हुआ मुख्यमंत्री दावोस मुख्यमंत्री कमलनाथ प्रदेश में आर्थिक गतिविधियों का विस्तार कर रोजगार के अवसर पैदा करने और नया निवेश आमंत्रित करने के उद्देश्य से स्विटजरलैंड के दावोस में आयोजित वर्ल्ड इकॉनोमिक फोरम की वार्षिक बैठक में शामिल होंगे

बैठक में ईकोलॉजी अर्थ व्यवस्था टेक्नोलॉजी सामाजिक जियो पॉलिटिक्स और उद्योगों से जुड़े विषय पर फोकस रहेगा

आज सुबह के समय भोपाल सहित कई जिलों में घना कोहरा छाया रहा बादलों के छाने और सर्द हवाओं के चलने से पूरा दिन ही ठिदुरन भरा रहा मौसम विभाग के अनुसार भोपाल इंदौर बैतूल उज्जैन और शाजापुर जिले में अत्यधिक सर्दी रही न्यूनतम तापमान बैतूल में सात दशमलव दो डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया हमारे मंदसौर उमरिया मण्डला सतना संवाददाताओं के अनुसार कोहरा छाने से दृश्यता काफी कम हो गई और वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा वहीं पाला पड़ने की संभावना भी कृषि कल्याण विभाग ने जताई है मौसम विभाग ने आगामी दो तीन दिन में बारिष की संभावना भी जताई है

पदक तालिका में एक सौ तिरान्नवे पदकों के साथ महाराष्ट्र सबसे ऊपर है उसके बाद हरियाणा का स्थान है जिसे एक सौ छत्तीस पदक मिले हैं दिल्ली सत्तान्नवे पदकों के साथ तीसरे स्थान पर है एक भारत श्रेष्ठ भारत एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत भोपाल स्थित भारतीय खेल प्राधिकरण साई परिसर में आज से दो दिवसीय स्क्वे प्रतियोगिता शुरू हुई

प्रतियोगिता का उदघाटन करते हुए साई के निदेशक अजीत सिंह ने कहा कि इस तरह के खेलों से खिलाड़ियों को अपनी बहुआयामी खेल प्रतिभा को सामने लाने का अवसर मिलता है इस मौके पर स्क्वे फेडरेशन ऑफ इण्डिया के महासचिव मीर नादीर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना में खेलों के माध्यम से भी कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक देश की एकता और अखण्डता का संदेश दिया जा सकता है